केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलायी है यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है

यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि आयोग जल्दी ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा प्रदेश के कोचिंग हब कोटा में पढने वाले विभिन्न राज्यों के छात्रों को वापस उनके घर पहुंचाने का काम लगातार जारी है

श्री सोनी ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है

जयपुर में कोचिंग ले रहे छात्रों को भी उनके गृह जिलों में भेजे जाने की कवायद की जा रही है प्रदेश में लॉकडाउन के बीच अब ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न निर्माण कार्यों को गति दी है श्रीगंगानगर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण का काम तेज कर दिया गया है जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महावीर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि शौचालय विहीन परिवारों को चिन्हित कर उन्हें शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

देशभर के आयुर्वेद विशेषज्ञ कोरोना महामारी से निपटने के लिए दवा और वैक्सीन पर अनुसंधान कर रहे है जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजीव शर्मा ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में यह जानकारी दी उन्होंने उन्होंने बताया कि आयुर्वेद विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ मिलकर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे है

श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संकमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें